राज्य की एक हजार तीन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव के के लिए आज से दाखिल किए जाएंगे नामांकन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन धरातल पर दिखना चाहिए जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े श्री गहलोत कल जयपुर में वीडियो काफ्रेंस के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे बैठक में मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गृह विभाग और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भू माफिया शराब बजरी अवैध खनन और रॉयल्टी से जुड़े माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए श्री गहलोत ने प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और इनकी तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध बजरी खनन के कारण कानून व्यवस्था की जो समस्या बनी है उसके समाधान के लिए मुख्य सचिव और खान विभाग के अधिकारी न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर समाधान करवाएं इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और इससे पनप रहा माफिया भी खत्म होगा इस दौरान श्री गहलोत ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किए गए राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैश बोर्ड को भी लॉन्च किया इस डैश बोर्ड में एक क्लिक पर राज्य रेंज जिला ॅसर्किल और थानेवार अपराध से संबंधित विश्लेषणात्मक सूचनाएं उपलब्ध होंगी

उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों को जिला स्तर पर कलेक्टर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और जिला अस्पताल के प्रभारी रोजाना सभी निजी और सरकारी अस्पतालों और लैब से दिन भर की रिपोर्ट एकत्रित कर राज्य सरकार को भेजे और स्थानीय स्तर पर जारी करें

उन्होंने कहा कि हर मरीज की सही स्थिति की जानकारी उनके परिजनों को देना सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा के निर्देश पर संक्रमित मरीजों के परिजनों को पीपीई किट और अन्य सुरक्षित साधनों के साथ मरीजों से मिलने दिया जाएगा साथ ही मरीज के परिजन यदि मरीज को घर का खाना देना चाहते हैं तो वो भी निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा सकता है

इसलिए हर व्यक्ति को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि मास्क लगाने हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग को आदत बना लेना चाहिए

नामांकन पत्र सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन शाम को उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे

रैली को कलेक्टर और महिला बाल विकास विभाग की उप निदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया फीडम रन का भी आयोजन किया गया जिला कलेक्टर समेत सैकड़ों धावकों ने दौड़ लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद महेन्द्र सिंह धोनी पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें